मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जलेब में करेंगे शिरकत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के चार वर्ष पूरे गांवों के विकास पर दिया जा रहा है बल शिमला सहित कई ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात हुआ हल्का हिमपात अगले दो दिन वर्षा व हिमपात की संभावना शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध जल और बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है उधर मंडी में आज जिला प्रशासन ने शिवरात्रि पर्व पर छोटी जलेब का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में देवी देवताओं ने भाग लिया उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भूतनाथ मंदिर जाकर बाबा भूतनाथ को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया इस अवसर पर भूतनाथ मंदिर में हवन यज्ञ भी किया गया उधर ऊना के बनौड़े महादेव मंदिर में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूजा अर्चना की सोलन में एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में बड़ी संख्या में भक्त नतमस्तक हुए

हमीरपुर स्थित शिव मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व की ध्रम रही और यहां कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है मंडी शिवरात्रि इस बीच मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से शुरू हो रहा है महोत्सव के पहले दिन कल राज माधोराय की अगुवाई में जलेब निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे इस जलेब में सैंकड़ों देवी देवता भाग लेंगे जिला प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं सात दिन तक चलने वाले शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में कई जाने माने कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले में गगल हवाई अड़डे का विस्तार सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

परमार ने लोगों के महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैजनाथ का महाशिवरात्रि महोत्सव प्राचीन समय से मनाया जा रहा है और ये संस्कृति व परम्परा का प्रतीक है आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज शिमला के निकट संकट मोचन मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ महारूद्राभिषेक का आयोजन किया गया इस मौके सैंकड़ों श्रद्वालुओं ने हिस्सा लिया और महादेव का आर्शीवाद प्राप्त किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान के आज चार वर्ष पूरे हो गए हैं

इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि इस मिशन का शुभारम्भ देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए किया गया है

एक भारत श्रेष्ठ भारत हिमाचल प्रदेश में केरल की तर्ज पर पंचकर्मा को पर्यटन के साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है केरल में पंचकर्मा पद्धति से देश विदेश के लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने पहुंचते हैं राज्य सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है प्रदेश के पंचकर्मा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा केरल राज्य ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से आयुर्वेद की पुरानी पद्दति पंचकर्मा का सहारा लिया है इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार भी कदम उठा रही है मंडी जिला के आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जमीर खान चंदेल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में इस संबंधमें एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं

इससे लोगों को भी लाभ होगा

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

इस बर्फबारी से शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में आज सुबह सड़क यातायात बाधित रहा जिसे बाद में बहाल कर दिया गया

मौसम विभाग ने अगले दो दिन राज्य के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के हिमपात या वर्षा की संभावना जताई है जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा

इस मामले में चर्चा के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया और अब ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत हर घर को नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है और पहले चरण का काम अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा

महेंद्र सिंह ने इस मौके पर जनसुनवाई भी की और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गोबिंद ठाकुर राज्य सरकार टीसीपी एक्ट से जुड़ी लोगों की समस्याएं जानने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों के सुझाव ले रही है वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कांगड़ा जिले के ज्वाली में टीसीपी एक्ट को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि सब कमेटी लोगों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर सरकार से सिफारिश प्रस्तुत करेगी बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार हिमाचल को उदार वित्तीय मदद दे रही है

उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को बहुत कम वित्तीय मदद मिलती रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता दे रही है मातृ भाषा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय केंद्र में आज मातू भाषा दिवस मनाया गया इस अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें प्रोफेसर दिनेश सिंह कंवर ने हिमाचल में मात् भाषा विषय पर व्याख्यान दिया